कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्य को भी मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सक्षम हैं इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार अपने पड़ोसी राज्य से मित्रवत व्यवहार रखती है

मौके पर पोटका के विधायक संजीव सरदार जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार सीनियर एसपी डॉक्टर एम तमिलवानन सहित कई लोग उपस्थित थे

देश में ऑक्सीजन टैंकरों की कमी दूर करने के लिए इन्हें विभिन्न राज्यों को आवंटित कर दिया गया है ऑक्सीजन का परिवहन बढ़ाने के लिए यह क्रायोजेनिक आईएसओ कंटेनर आयात किये गये हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से परामर्श के बाद इन्हें मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान दिल्ली और ग्जरात के आपूर्तिकर्ता को आवंटित किया है ब्रिटेन से चिकित्सा सहायता की पहली खेप आज भारत पहुंची

अमरीका फ्रांस जर्मनी इजराइल और यूरोपीय संघ सहित कई राष्ट्रों ने कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत को सहायता का वायदा किया है इन देशों ने कहा कि वे भारत को ऑक्सीजन नैदानिक परीक्षण वेंटिलेटर और सुरक्षा कवच उपलब्ध करायेंगे

वैक्सीन लेने वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा कल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है इसे लेकर आज टीकाकरण से जुड़े वैसे कर्मियों जो डाटा हैंडलिंग का काम करते हैं उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है

इनका टीका केंद्र पर ऑफलाइन निबंधन नहीं होगा केंद्रों पर अधिक भीड़ के बोझ को कम करने को लेकर यह व्यवस्था की गई है झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर घटकर पचहत्तर दशमलव शुन्य नौ प्रतिशत पहंच गई है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर बयासी दशमलव शुन्य छह प्रतिशत है इधर राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान पांच हजार पांच सौ इकतालीस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख सात हजार दो सौ अटठासी पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर चार हजार अठारह लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छटटी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख पचपन हजार छह सौ उनहत्तर पहंच गई है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कल संख्या बढ़कर उनचास हजार पांच र्सौ चार पहुंच गई है राज्यभर में कल एक सौ चौबीस कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर दो हजार एक सौ पंद्रह पहुंच गई है

जिले से होकर गुजरने वाले ऑक्सीजन टैंकर और ट्रकों का परिचालन बाधित न हो इसे लेकर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के साथ बैठक करते हुए उपायुक्त ने फिलहाल के लिए सड़कों पर माल दुलाई का दबाव कम करने की अपील की है

निर्माण कार्य की प्रगति तथा अन्य आवश्यक तैयारियों की समीक्षा के लिए आज उपायुक्त ने कैथ लैब स्थित निर्माणाधीन आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने युद्ध स्तर पर कार्य कर शीघ निर्माण कार्य पूर्णे करने का निर्देश दिए है उपायुक्त ने कहा है कि निर्माण कार्य में पूरी टीम लगी हई हैं ऑक्सीजन पाइप लाइन का काम तीव्र गति से चल रहा है आवश्यक उपकरण यथा वेंटिलेटर मॉनिटर बेड हाइड्रॉलिक बेड इलेक्ट्रिकल बेड इत्यादि के अधिष्ठापन की तैयारी चल रही है

उन्हें दिल्ली के गुरू तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था

उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के जन सम्पर्क अधिकारी के रूप में भी कई वर्षो तक कार्य किया

विधायक ने कहा है कि कोरोना वायरस एक विकराल रूप लेता जा रहा है और खासकर इसकी दूसरी लहर काफी घातक है उन्होंने अन्य नेताओं से भी ऐसे समय में आगे आने की अपील की और कहा कि सभी विधायक इस विकट परिस्थिति को देखते हुए तीन माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देकर सहयोग करें

जिससे सैकड़ों मरीजों को लाभ पहंचाया जा रहा है

नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए अब घर में भी मास्क पहनना जरूरी है

खूंटी जिले से मुढ़ी लदे ट्रक में छपा कर अफीम का डोडा ले जाया जा रहा था इसकी सुचना मिलने के बाद पुलिस ने तुपुदाना चौक के निकट मुढ़ी के बोरा में छपे अफीम के डोडे वाली ट्रक को जब्त कर लिया

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया

सभी विवाह समारोह में शामिल होने चतरा से इटखोरी आ रहे थे

मेदिनीनगर से होते चारों पैदल दिल्ली जा रही थीं इसी बीच पुलिस को उन्हें देखकर कुछ संदेह होने पर रोककर प्रछताछ की गयी आहतु थाना प्रभारी ने सभी का रेस्क्यू किया नाबालिग लड़कियों की काउंसिलिंग के लिए सीडब्लूसी को सौंपा गया है महिला थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान लड़कियों ये पता है कि घर वालों से नाराज होकर रिश्तेदार के पास दिल्ली जा रही थीं

मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा कहीं कहीं लू भी चल सकती है

कहीं कहीं गर्जन वाले बादल भी बन सकते हैं